उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति जिले के सगनम और झोलिंग को जलग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा मारकंडा ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही इन दोनों गांवों की योजना बनाकर केन्द्र को भेजी जाएगी उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां हर गांव में खेत तक पानी ले जाने के लिए चैनल बना है और शत प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है कृषि मंत्री ने लोगों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने और कृषि के मशीनीकरण के लिए विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाने का आहवान किया इस अवसर पर उन्होंने जन शिकायतें सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के आदेश दिए आयकर आयकर विभाग ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया इस दौरान देशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने करदाता ई सहायता अभियान की शुरूआत की अनुराग ठाकूर ने न्यू इंडिया निर्माण में ईमानदार करदाताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला इधर मण्डी में हुए एक कार्यक्रम में आयकर अधिकारी देवासिंह नेगी और राकेश ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा कर दाताओं के हित में चलाई गई विभिन्न योजनाओं में लोगों से सहयोग का आग्रह किया उन्होंने आयकर के महत्व और वित्त मंत्रालय द्वारा नागरिकों को आयकर प्रणाली से जोड़ने बारे विस्तुत चर्चा की देवासिंह नेगी ने इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों से कर दाताओं की संख्या में वृद्धि और अन्य लोगों को करदाता बनने के लिए प्रेरित करने को कहा विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और वनों को रोजगार का साधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है सुलह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भाटिलू में पौधरोपण कार्यक्रम के समापन अवसर पर ॅ उन्होंने ये विचार व्यक्त किए विपिन परमार ने कहा कि वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के तहत लोगों को जड़ी बूटी इकट्ठा करने प्रसंस्करण और विपणन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया बाद में उन्होंने जन समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने सीमेंट उद्योगों द्वारा बढ़ाए गए मूल्यों को लोगों के साथ अन्याय बताया है शिमला से जारी एक बयान में पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा है कि प्रदेश में ही बन रहा सीमेंट पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहां के लोगों को महंगे दामों पर मिल रहा है उन्होंने प्रदेश सरकार पर पूंजीपतियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया किमटा ने प्रदेश में प्रस्तावित बिजली दरों में वृद्धि को अनावश्यक करार दिया उन्होंने कहा कि सरकारी डिप्ओं में सस्ता राशन भी गायब है और कई महीनों से उपभोक्ताओं को नमक तक भी नहीं भिल रहा है

इन विस्थापितों ने आज चम्बा में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है

विस्थापितों का कहना है कि उन्हें परिवार का पालन पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने राज्यपाल से इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की है श्रीवास्तव राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव और उमंग फांउडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर सुरेन्द कुमार ने स्कूलो कॉलेजों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सुगम्य पुस्तकालय खोलने के मुख्यमंत्री के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का आभार जताया है परिणाम रद्द प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और राज्य मुक्त विद्यालय की मार्च में हुई दसवीं व जमा दो की परीक्षा से संबंधित पूर्नमूल्यांकन के लिए शुल्क जमा ने करवाने वाले परीक्षार्थियों को परिणाम रद्द कर दिया गया है बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार इसकी सूची बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध है

रक्षा पैंशन संवितरण अधिकारी सतीश कुमार ने सभी रक्षा पैंशन धारकों युद्ध विधवाओं और सैनिकों के आश्रितों से पैंशन अदालत में आने का आग्रह किया है ताकि पैंशन संबंधी सभी शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जा सके

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रवण मांटा ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा को लेकर मण्डी में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी